पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव ने बताया कि इस कानून के बारे में अगले देस दिन में तीन करोड़ से अधिक परिवारों से सम्पर्क करेगी उन्होंने बताया कि भाजपा प्रत्येक जिले में रैली और देश भर में ढाई सौ से अधिक संवाददाता सम्मेलन भी आयोजित करेगी वहीं देश के ग्यारह सौ एक शिक्षाविदों ने अपने हस्ताक्षर के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो परिवर्तन हुए हैं उसका समर्थन किया है इस बीच समाज के सभी वर्गों से साम्प्रदायिकता और अराजकता से जुड़ी अफवाहों के जाल में नहीं फंसने और संयम बरतने की अपील की गई है

यह अलबर्ट हॉल से शुरू होकर गांधी सर्किल पर पहुंचेगा शांति मार्च को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इन्तजाम किए है

वहीं शहर में इन्टरनेट सेवाए बंद रहेगी मेट्रो और सिटी बसों का संचालन भी रोक दिया गया है इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है उधर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर इस मार्च के जरिए शांति भंग करने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है

जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में यह लॉटरी निकाली गई

जहां बीएलओ पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने और संशोधन करने के लिए आवेदन प्राप्त करेंगे अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी कृष्ण कृणाल ने बताया कि इन शिविरों के अलावा निर्वाचन विभाग की वेबसाइट ऑनलाइन पोर्टल पर भी मतदाता आवेदन कर सकते है

प्रधानमंत्री ने इस कार्यकम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है इस निर्णय से कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनियों में बडी संख्या में बसी आबादी को लाभ मिलेगा

उन्होंने बताया कि महिलाओं और बच्चों से सम्बन्धित मामलों में लोग अपनी पहचान उजागर किए बिना ही शिकायत दर्ज करा सकते है

पुलिस ने बताया कि यहां से भारी मात्रा में कई नामी कंपनियों के रैपर और खाली डिब्बे मिले हैं छापे के दौरान कारखाना मालिक मौके से फरार हो गया